मण्डी जिले में बल्ह विधानसभा क्षेत्र के बगरोटु मे कल एक जनसभा में उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में नए भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता है और इसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है जय राम ठाक्र ने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्री निष्ठा से काम करने का आग्रह भी किया इस बीच मुख्यमंत्री आज सिराज में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करेंगे

संदीप कुमार ने बताया कि मतदान में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए मतदाता जागरूकता अभियान आरंभ किया गया है कार्यशाला लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में सहायक निर्वाचन अधिकारी सुरेन्द्र ठाक्र की अध्यक्षता में कल एक कार्यशाला लगाई गई इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निष्पक्ष व स्वतंत्र चनाव संपन्न करवाने में सैक्टर और पीठासीन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सुरेन्द्र ठाकुर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों व अन्य चुनावी सामग्री को केवल सरकारी वाहनों के माध्यम से ही मतदान केन्द्रों तक पहुंचाया जाएगा उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र चुनाव से एक दिन पूर्व स्थापित किए जाएंगे नवरात्र चैत्र नवरात्र के सातवें दिन आज माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है मां का यह स्वरूप अनंत और व्यापक है मान्यता है कि कालरात्रि शत्रु व दुष्टों का संहार करती है प्रदेश के सभी शक्तिपीठों समेत अन्य मंदिरों में सुबह से ही श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है और लोग प्री श्रद्वा व भक्ति से मां की प्रजा अर्चना कर रहे हैं जागरूकता शिविर सोलन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गुरमीत कौर की अध्यक्षता में कल जिले की सेर बनेरा पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया उन्होंने बताया कि प्राधिकरण के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों दिव्यांगों महिलाओं आपदा पीड़ितों और एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है गुरमीत कौर ने स्थानीय लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी जानकारी दी अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने नर्सों की भर्ती संबंधी मामले पर प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दिव्य हिमाचल लिखता है चुनाव आचार संहिता नहीं रोक सकती नर्सों की भर्ती

हिमाचल दस्तक का कहना है स्टाफ नर्स भर्ती को मंजूरी दे चुनाव आयोग दैनिक भास्कर के मुताबिक खाली पदों के कारण चिकित्सा अधिकार से वंचित है जनता दैनिक जागरण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है जयराम की अनिल को दो टूक आप बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे ऐसा नहीं चलेगा भाषा पर संयम रखें ऊर्जा मंत्री जबकि दैनिक भास्कर ने लिखा है अँनिल बोलते रहें हम सुनते रहें ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा आपका फैसला के शब्द हैं लोकसभा चुनाव में जनता तोड़ेगी पंडित सुखराम का भ्रम अजीत समाचार के अनुसार भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वोपरि पंडित सुखराम के लिए परिवार सर्वोच्च दिव्य हिमाचल की एक खबर है तीन उपायुक्तों पर लटकी तबादले की तलवार गृह संसदीय क्षेत्र में तैनाती पर चुनाव आयोग ने हिमाचल के मुख्य चुनाव अधिकारी से मांगी रिपोर्ट

इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है मनाली के लामाडुग में खाई में गिरने से धर्मशाला के युवा ट्रैकर की मौत दिव्य हिमाचल ने खबर दी है नेताओं के लिए रेस्ट हाउस के दरवाजे बंद चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस जेड सिक्योरिटी वालों को ही सशर्त एंट्री